मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा वर्षा और अंधड से फसलों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिये गिरदावरी कराई जायेगी

लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिये प्रचार अभियान तेज हुआ प्रमुख दलों के बडे नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत राज्य में मतदान दिवस पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चार तरह के वोटर फेसिलिटेशन पोस्टर प्रदर्शित किये जायेंगे प्रदेशभर में आज महावीर जंयती का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है

राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी तूफान से पेड़ और बिजली के खम्बे उखड़ गये

बारां तथा उदयपुर में भी लोगों के मारे जाने की खबर है

प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बिगडा रहा और कई जगह आंधी तूफान से नुकसान होने की खबर है करौली में दोपहर बाद तेज अंधड़ से कई स्थानों पर पेड उखड़ गए वहीं बिजली आपूर्ति बाघित हो गई इसके बाद जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई दौसा चूरू धौलपुर नागौर प्रतापगढ़ पाली ब्रंदी में भी रूक रूक कर बरसात हुई जिससे पहले से ही भीगी हुई फसल को और नुकसान पहुंचा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर रहा है और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रभावित राज्यों को आश्वासन दिया है कि उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ट्वीट संदेश में श्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति दुख प्रकट किया है कांगेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के कई भागों में आंधी और बारिश के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है फेसबुक पोस्ट में श्री गांधी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सरकार के राहत कार्यो में मदद करें इधर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आंधी बारिश से प्रभावित सभी जिलों के कलेक्टरों को जल्द ही गिरदावरी करने के आदेश दिये गये हैं

लेकिन तमिलनाडु में वेल्लोर में धन बल के आरोप में चुनाव रद्द कर दिया गया कानून व्यवस्था को लेकर त्रिपूरा पूर्व लोकसभा सीट का चुनाव अब तीसरे चरण में कराया जायेगा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित किया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी केरल के चुनावी दौरे पर रहे प्रदेश में भी चुनाव अभियान में तेजी आ गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने आज विभिन्न जिलों का दौरा किया और अपने प्रत्याशियों के लिये वोट मांगे नागौर जिले के डेगाना में आयोजित जनसभा में श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कोई चुनावी वादा पूरा नहीं किया है

बाद में श्री गहलोत ने नीम का थाना में जनसभा में कहा कि सरकार आने वाले दिनों में नये जिलों के गठन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर सर्वे की कार्यवाही शुरू करेगी

बाडमेर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेन्द्रसिंह ने दोनों नेताओं को आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई इस दौरान विधायक पदमाराम मोघवाल गफूर अहमद जिला अध्यक्ष फतेह खान सहित कई नेता उपस्थित थे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र पर आने वाला प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में अपडेट रहे इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ये खास व्यवस्था की है उन्होंने बताया इसके अलावा ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने जैसे पोस्टर भी मतदान केन्द्र के बाहर और केंद्र के क्षेत्र में प्रदर्शित किए जाएंगे

प्रतापगढ जिले के करजू के मोतीपुरा के विद्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संकल्प दिलाया गया साथ ही छात्राओं ने रंगोली सजाई

पार्टी प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्हा ने नई दिल्ली में कहा कि अशोक गहलोत की इस टिप्पणी के लिए कांग्रेस माफी मांगे पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस टिप्पणी के लिए गहलोत को नोटिस जारी करें और सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसी टिप्पणी न करने के लिए दिशा निर्देश जारी करें इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि आज की उनकी प्रैस कांफ्रेंस में कही गयी बातों को कुछ मीडिया चैनल्स और एजेंसीज ने तोड मरोड कर पेश किया श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति के लिये उनके मन में अत्यधिक सम्मान है और वे खुद राष्ट्रपति से मिले है और उनकी सादगी और सौम्यता से वे प्रभावित है

अलवर में शोभा यात्रा में सजे धजे रथों ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया

सवाईमाधोपुर प्रतापगढ़ अजमेर झालावाड ब्रंदी ड्गरपुर पाली सीकर सिरोही और दौसा सहित अन्य स्थानों से भी महावीर जयंती मनाये जाने के समाचार है